कोरोना जांच छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अब कोरोना की जांच की जाएगी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में हर रोज बाईस हजार सैंपल लेने के साथ ही उनकी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत करीब साढ़ै पांच हजार आरटीपीसीआर जांच और लगभग साढ़े तीन हजार जांच ट्रू नॉट विधि से की जाएंगी जबकि रैपिड एंटीजन किट से रोज तेरह हजार से अधिक सैंपलों की जांच की जाएंगी स्वास्थ्य मंत्री बयान इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ने के कारण संक्रमित मरीजों के आंकड़ें बढ़ रहे हैं उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है श्री सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौजूदा समय में दस से बारह हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर टेस्ट का आंकड़ा बीस हजार प्रतिदिन होगा उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक तीस हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने का आग्रह भी किया कोरोना मरीज देश में अब तक कोरोना संक्रमण से तीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या छियासठ हजार से अधिक है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और यह दर सतहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है मंत्रालय ने कहा कि दो महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार गुणा अधिक हुई है इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है सरायपाली विधायक किस्मतलाल नंद और कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह मीणा के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है वहीं दुर्ग जिले में आज शाम तक एक सौ उन्नीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें कसारीडीह क्षेत्र से एक ही परिवार के बारह सदस्य भी शामिल हैं इसी तरह दुर्ग के केंद्रीय कारागार में बाईस कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उधर बिलासपुर शहर में दो पुलिस निरीक्षक सहित पंद्रह पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इधर कोरबा जिले के कटघोरा पौड़ी में दो गर्भवती महिलाओं सहित सात नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं उधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में आज छह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है वहीं कांकेर जिले में छब्बीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सात सौ को पार कर चुका है वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के बाईस सौ से अधिक नये मामले सामने आए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर रेणुका गहने भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं कल कोरोना की वजह से प्रदेश में सोलह लोगों की मौत हो गई प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अड़तीस हजार के करीब पहुंच गई है फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अट्ठारह हजार सात सौ से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है राज्यपाल क्वारेंटाइन इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में पंद्रह सितंबर तक क्वारेंटाइन पर रहेंगी राज्यपाल ने कहा है कि बीते दिनों संपर्क में आए कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित होने के मद्देनजर सावधानीवश उन्होंने अपने आप को क्वारेंटाइन किया है इस दौरान राज्यपाल से मिलने जुलने पर रोक लगी रहेगी आवश्यक कार्य होने पर कोई भी व्यक्ति राजभवन के ई मेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है

इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान के संचालक ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रणीत फटाले ने कार्यशाला में बताया कि इस बीमारी से घबराने की बजाय आत्मबल बनाए रखें और जागरूक होकर सामना करें उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले अधिकांश मरीज स्वस्थ हो रहे हैं डॉक्टर फटाले ने कहा कि सोशल डिस्टिंसिंग सैनिटाईजर और मास्क के जरिये इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है वहीं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना पॉजीटिव होने की सूचना मिलने पर सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए ताकि आपका परिवार और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक समुदाय भी इस बीमारी से बचाव के लिए सहयोग करें डॉक्टर ठाकुर ने सर्दी खांसी या बुखार से पीड़ित लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील भी की प्रधानमंत्री आईपीएस दीक्षांत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं प्रधानमंत्री आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए

इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है श्री बघेल ने पूर्व में प्रदेश को आवंटित सीआरपीएफ की सात अतिरिक्त बटालियन को जल्द ही उपलब्ध कराने की मांग की है इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का आग्रह भी किया है पत्र में श्री बघेल ने माओवाद प्रभावित जिलों में दूरसंचार सुविधा को बढ़ाने के लिए एक हजार अट्ठाईस स्थानों पर जल्द मोबाइल टॉवर लगाने की मांग की मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया और उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने पत्र में कहा है कि केन्द्र सरकार से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को माओवाद समस्या से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी को ऑर्डिनेशन बैठक इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि मानसून के बाद आगामी तीन माह में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तेज किया जाएगा आज पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को माओवाद के खिलाफ अभियान की आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए श्री अवस्थी ने कहा कि माओवाद प्रभावित इलाकों में अभियान तेज करने के लिए पुल पुलियों का निर्माण तेजी से किया जाएगा उन्होंने कहा कि सुकमा दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के संवेदनशील स्थानों में योजना बनाकर माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए श्री अवस्थी ने माओवादी समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा डीजीपी ने सुरक्षा बलों को माओवादियों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा आगामी अट्ठारह अक्टूबर से शुरू होकर इक्कीस अक्टूबर तक चलेगी यह परीक्षा दो पालियों में सुबह नौ से बारह बजे तक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी परीक्षा के लिए पांच जिलों में केन्द्र बनाए गए हैं राजधानी रायपुर के अलावा अंबिकापुर बिलासपुर दुर्ग भिलाई और जगदलपुर में केन्द्र होंगे गौरतलब है कि दो सौ बयालीस पदों के लिए होने वाली यह परीक्षा पहले सत्रह जून से लेकर बीस जून तक आयोजित की जाने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है उल्लेखनीय है कि छह राज्यों की ओर से नीट और जेईई परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी इस याचिका के जरिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्रह अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है गौरतलब है कि एक से छह सितंबर तक जेईई मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है वहीं तेरह सितंबर को नीट परीक्षा आयोजित होगी इधर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती न्यायालय ने प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले तथा दूसरे वर्ष के छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने को लेकर परीक्षा कराने के लिए स्वतंत्र है न्यायमूर्ति अशोक भूषण आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला विश्वविद्यालयों के विवेक पर छोड़ दिया है शिक्षक सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में शिक्षकों को वर्चुअली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान की सराहना करने और उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है जिन शिक्षकों को कल राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा उनमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा सिरसा की व्याख्याता सपना सोनी भी शामिल हैं

इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी है अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि शिक्षक देश और समाज के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने गुणों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि समय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आई नई चुनौतियों के कारण शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ी है लेकिन इससे निपटने के लिए शिक्षक अपने आसपास की परिस्थितियों के आधार पर नवाचारी उपाय कर रहे हैं श्री टेकाम ने उम्मीद जताई है कि राज्य के सभी शिक्षकगण कोरोना संक्रमण के दौरान भी अपने ज्ञान के प्रकाश से छत्तीसगढ़ को आलोकित करेंगे शक्कर कारखाना कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की जल्द स्थापना की जाएगी इस प्लांट के स्थापित होने से गन्ना उत्पादक किसानों और शक्कर कारखानों को वित्तीय लाभ मिलेगा इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई बैठक में इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए वित्तीय निविदा आमंत्रित करने और निवेशक के साथ अनुबंध करने के प्रारूप का अनुमोदन किया गया

यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को रायपुर से कोरबा के लिए वहीं प्रत्येक रविवार गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को कोरबा से रायपुर के लिए संचालित की जाएगी इस बीच बीते पांच माह से बंद रायपुर केवटी मेमू ट्रेन भी आज से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी है वहीं कल से केवटी से रायपुर आने वाली ट्रेन भी शुरू हो जाएगी गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण बीते बाईस मार्च से रायपुर केवटी रायपुर भेमू ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था इसके बाद आज से उनतीस सितंबर तक रायपुर केवटी और कल से तीस सितंबर तक केवटी रायपुर मेमू ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है पतोरा डैम पानी प्रदेश के सीमावर्ती राज्य ओडिशा के नुआपाड़ा रिथत पतोरा बांध से जोंक नदी में चौदह सौ क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे महासमुंद जिले के तटीय क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिले के डोंगरीपाली रेवा खेमड़ा डोंगरगांव खुड़मुड़ी खट्टी बनियाटोला परकोम राटापाली नर्रा टेमरी करगीडीह सिमगांव और डोंगाखमरिया गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा है उन्होंने ग्रामीणों को जानवरों और अपने सामानों का ध्यान रखने तथा बाढ़ क्षेत्र में न जाने की हिदायत दी है मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तरप्रदेश के ऊपर स्थित है वहीं एक द्रोणिका उत्तरी ओडिशा तक स्थित है इसके असर से प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है सरगुजा और बिलासपुर संभाग में एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है